आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जोर संदिग्धों की जांच कराने उनका पता लगाने उन्हें विशेष निगरानी में रखने और संगरोध पर दिया जाना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति और दवाएं तथा चिकित्सा उपकरण तैयार करने के लिये कच्चे माल की उपलब्धता बनाये रखना जरूरी है

श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये आय्ष चिकित्सकों के संसाधन पूल का उपयोग करें ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें और पैरा मेडिकल स्टाफ एनसीसी तथा एनएसएस स्वयंसेवियों की सेवाएं लें श्री मोदी ने कहा कि फसल कटाई के मौसम को देखते हए सरकार ने लॉकडाउन से थोड़ी राहत दी है हालांकि परस्पर यथासम्भव स्रक्षित द्री बनाये रखना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद तेज गति से काम करना सर्वाधिक जरूरत वाले क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना और वायरस के फैलाव को रोकना जरूरी है म्ख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को संकट के इस दौर में क्शल नेतृत्व निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिये धन्यवाद दिया म्ख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन जैसा ठोस निर्णय समय पर लेने के लिए भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बताया कि यह मरीज ने दिल्ली में निजाम्द्दीन मरकज से लौटा था उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को तेजू अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है

लोहित जिला प्रशासन ने वाकरों क्षेत्र के मेदो में कल दोपहर दो बजे तक के लिए कर्फ्य् की घोषणा की है जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था के चलते यह कर्फ्यू लगाया गया है

इस अवसर पर श्री खांड्र को राजधानी क्षेत्र और पासीघाट के बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल में स्विधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई

उन्होंने कहा कि इन सभी स्रक्षा उपकरणों को आवश्यकतान्सार सभी जिलों में भेजा जाएगा

वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और प्रवासी और दैनिक वेतन भोगियों को आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए राहत उपायों की समीक्षा भी करेंगे

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस बारे में सीबीएसई को सलाह दे दी गई है उन्होंने बताया कि बाकी के विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेगा